चौबीस मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान बाईस बैठके होंगी

कार्यक्रम में भाग लेने के लिये पंजीकरण शुरू

अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण पूर्व हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

कल राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे इसके बाद सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जायेगा बाईस फरवरी को वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का बजट पेश होगा आठ से सोलह मार्च तक बजट पर विमर्श और मतदान होगा चौबीस मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल बाईस बैठके होंगी इधर विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन संचालन को लेकर आज सर्वदलीय बैठक की इसमें सभी दलों ने सर्वसम्मति से सदन की कार्यवाही के संचालन में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी सर्वदलीय बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग की अपील की बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने की संभावना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत भ्रष्टाचार अपराध तथा कोरोना को फर्जी जांच के सवाल पर सरकार से जवाब मांगा जायेगा वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि जनहित से जुड़े मामलों को सदन में मुखरता के साथ उठाया जायेगा वहीं सत्तापक्ष ने भी विपक्ष को सदन में जवाब देने की रणनीति बनायी है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिये पूरी तरह तैयार है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले महीने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत स्कूली विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं के लिये छात्रों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इस बार यह कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा और यह पूरी तरह ऑनलाइन होगा एक ट्वीट ने श्री मोदी ने छात्रों से बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए अपनी परीक्षाओं में शामिल होने को कहा है उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम रोचक तथा मनोरंजन से भरपूर चर्चा वाला आयोजन रहेगा प्रधानमंत्री ने छात्रों अभिभावकों तथा शिक्षकों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है इधर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिये निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है और यह चौदह मार्च तक चलेगी उन्होंने कहा कि इस बार यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा

अनिमावकों माता पिता के लिए है विषय कि आपके शब्द आपके बच्चे की दुनिया बनाते हैं जैसे आपको पता है उन्हों प्रोत्साहित करें जैसा कि आपने हमेशा किया भी है कार्यक्रम के प्रतिभागियों को माई जीओवी प्लेटफार्म पर आयोजित होने वाले ऑनलाईन प्रतियोगिता के जरिये चुना जायेगा श्री निशंक ने बताया कि ऑनलाईन रचनात्मक लेखन की प्रतियोगिता के लिये पोर्टल चौदह मार्च तक खुला रहेगा प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर निन्यानवे दशमलव दो दो प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख उनसठ हजार आठ सौ तीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या पांच सौ उन्नीस है चार जिले भोजपुर बक्सर शेखपुरा और सुपौल में एक भी मरीज का इलाज नहीं चल रहा है इक्कीस जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या दस से कम है सबसे अधिक दो सौ इकतीस मरीजों का पटना में इलाज चल रहा है इधर प्रदेश में अब तक पांच लाख दो हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है वहीं टीके की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या पंद्रह हजार से अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को गलत बताते हुए कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईटीआई में छात्रों को नयी तकनीकों का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है श्रम संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिये शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा साथ ही उन्होंने जिन आईटीआई भवन का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है उसे जल्द से जल्द पूरा करने को कहा इस अवसर पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सरकार राज्य के छह आईटीआई को उन्नत बनाने का कार्य अगले वर्ष मार्च महीने तक प्रश कर लेगी इन केन्द्रों में पंद्रह हजार युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नये निबंधित किसानों के भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया है कृषि निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया है प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक सात दशमलव दो मिलीमीटर बारिश भभुआ में दर्ज की गयी वहीं कुदरा में पांच दशमलव चार और मोहनियां में दो दशमलव चार मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिण पूर्व बिहार में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सभी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलायी उन्होंने बताया कि दो सौ आठ नेता लोजपा छोड़कर जदयू में शामिल हुए हैं शामिल होने वाले नेताओं में अठारह जिलाध्यक्ष और पांच प्रदेश महासचिव हैं नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से सुपौल सहरसा होते हुए कटिहार से कुर्सेला तक कोसी नदी के जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू हुआ है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों के साथ वन और पर्यावरण संरक्षण विभाग ने ये पहल की है संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल शर्मा इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने बताया कि कोसी नदी में पल रहे डॉल्फिन कछुआ पक्षी और सांप सहित अन्य जलीय जीवों का सर्वेक्षण किया जायेगा उन्होंने बताया कि पहले चरण में नदी किनारे बसे गांवों में रह रहे लोगों से जानकारियां जुटायी जा रही हैं डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सर्वेक्षण का काम दस मार्च तक चलेगा सूपौल जिले की पॉस्को अदालत ने एक छात्रा का यौन शोषण करने और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने के मामले में दोषी शिक्षक अमित झा को दस साल कारावास की सजा सुनायी है वहीं कटिहार जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी जंगली महतो को आजीवन कारावास और पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन आज भोजपुर जिले के आरा स्थित एक केन्द्र पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग पचहत्तर परीक्षार्थी निर्धारित समय से देरी से केन्द्र पर पहुंचे थे जिस कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा था इससे नाराज परीक्षार्थियों और अभिभावकों ने पुलिस बल और शिक्षकों पर पथराव कर दिया बाद में सभी परीक्षार्थियों को केन्द्र में प्रवेश दिया गया सारण जिले के सोनपुर छपरा ग्रामीण जंक्शन के बीच बरौनी से ग्वालियर जाने वाली स्पेशल ट्रेन की एक बोगी में अपराधियों ने लूटपाट की विरोध करने पर अपराधियों ने एक यात्री को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने पैक्स चुनाव को लेकर चल रही विवाद को हत्या का कारण बताया है पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामबाग में अज्ञात अपराधियों ने स्थानीय सांसद संतोष कुशवाहा के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है पश्चिम चंपारण जिले के पूर्व जिला परिषद् सदस्य दयानंद वर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपी शकील अहमद ने आज एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया वह इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत जहानपुर टोल प्लाजा के पास उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र स्थित एक चेकपोस्ट पर वाहन चेंकिंग के दौरान पुलिस ने एक हजार लीटर से अधिक शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत चानोडीह गांव के पास सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गयी वहीं अरवल जिले के किंजर थाना के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मैट्रिक परीक्षार्थी की मौत हो गयी शेखपुरा पुलिस ने लूटपाट करने वाले अंतर जिला गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटी गयी मोटरसाईकिल और कई मोबाईल सेट बरामद किये गये हैं सहरसा पुलिस ने कुख्यात अपराधी दीपक कुमार और उसके दो अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से पिस्टल देशी कट्टा और कारतूस बरामद किये गये हैं खगड़िया नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआही बस स्टैंड के पास से पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक कुछआ तस्कर को गिरफ्तार किया है उसके पास से कई कछुआ भी बरामद किये गये हैं

चौबीस मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान बाईस बैठके होंगी

कार्यक्रम में भाग लेने के लिये पंजीकरण शुरू

अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण पूर्व हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना